मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रदेश में बडा जागरूकता अभियान चलाने की है जरूरत

प्रदेश में कई स्थानों पर तेज आंधी चलने और बारिश होने से लोगों को मिली गर्मी से राहत प्रदेश में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू होगी साथ ही पुलिसकर्मियों के आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में स्थायी पास की योजना भी शुरू की जायेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉफ्रेंन्सिंग के जरिए पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों से संवाद किया इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए हाउसिंग बोर्ड यूआईटी जेडीए सहित अन्य संस्थाओं के माध्यम से आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी वहीं पुलिस लाइन आर्म्ड बटालियन और पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही पुलिसकर्मियों का निशुल्क वार्षिक चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना के संकट के इस दौर में पुलिस ने समर्पण भावना के साथ दायित्वों को अंजाम देकर अपनी मानवीय छवि पेश की है उन्होंने कहा कि आगे भी राजस्थान पुलिस इसी जोश और जज्बे के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करे श्री गहलोत ने संवाद के दौरान बीते दिनों कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं को दुखद बताते हुए चिंता जताई उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक से लेकर थाना प्रभारी स्तर तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों की समस्याओं को समझें और उन्हें दूर करने के लिए भावनात्मक संरक्षण दें ड्यूटी या अन्य किसी कारण से कोई पुलिसकर्मी अवसाद की स्थिति में है तो उसकी मनोस्थिति समझकर आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करवाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिस के मनोबल और सम्मान को ऊंचा रखने में कोई कसर नहीं रखेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रदेश में बड़ा जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है इस काम में सिविल सोसाइटी और स्वयंसेवी संगठन सरकार के महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं श्री गहलोत ने कल जयपुर में मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का खतरा अमी टला नहीं है इस महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और भीडभाड से दूर रहने के हैल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना हम सबके लिए जरूरी है प्रदेश मे कोरोना संक्रमित आधे से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके है

वहीं तीन दूसरे राज्यों के लोगों में भी इस वायरस की पुष्टि हुई है

लॉकडाउन खुलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मद्देनजर आयोग ने परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सुची जारी करने का फैसला किया है यूपीएससी परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर का विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है

प्रत्येक उम्मीदवार को इसके लिए अलग से सूचित किया जाएगा

राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज की शुरूआत की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारम्भ किया इस पहल से लॉकडाउन के बाद आजीविका छूट जाने की परेशानी झेल रहे मजदूरों को आसानी से रोजगार मिल सकेगा और उद्योगों को भी सुगमता से श्रमिक उपलब्ध हो सकेगें

इसके अतिरिक्त कोई भी श्रमिक इस पोर्टल पर स्वयं का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है गौरलतलब है कि मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कोरोना संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में प्रदेश से श्रमिकों के पलायन और आगमन को देखते हुए ऑनलाइन लेबर एक्सचेंज बनाने के निर्देश दिए थे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि ये पोर्टल मात्र दो हफ्ते में तैयार किया गया है और जल्द ही इसे मोबाइल एप प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों की स्वदेश वापसी के लगातार प्रयास जारी है

राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रवासी राजस्थानियों के चिकित्सा और सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उनके लिए केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है प्रदेश में कल कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई बाड़मेर जिले के गुढामलानी धोरीमन्ना और सिणधरी समेत कई गांवों में तेज आंधी के बाद बारिश हुई

जिले में बारिश के बाद किसानों ने खरीफ की बुवाई शुरू कर दी है करौली में देर रात हल्की ब्रंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के आसपास बने परिसंचरण तंत्र के कारण अगले दो दिन तक विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है